हिमाचल किसान सभा की मांग सेब बागीचों में स्कैब व अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए सरकार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात कही उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किन्नौर जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अलावा भरमौर के खणी लाहौल के बारिंग व पांगी के कवास में भी आदर्श विद्यालय शुरू किए गए हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि पांगी और भरमौर क्षेत्र में बिजली की समस्या को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अटल टनल लाहौल घाटी के लिए वरदान साबित होगी इस मौके पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने जनजातीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने व धन का समुचित प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास कार्यो को गति मिलेगी उन्होंने कहा कि गुम्मा में पैकेजिंग ग्रेडिंग लाइन व सीए स्टोर के स्तरोन्नयन से फल उत्पादकों को सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पराला में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई से सेब उत्पादकों को उचित मूल्य मिलने में मदद मिलेगी

उन्होंने जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाईयों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की राज्यपाल ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जागरूकता अभियान को बढ़ाने पर बल दिया उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां जारी रखना ज़रूरी है जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने मंडी ज़िले के पधर में आज एक समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों के पास लम्बे समय से खर्च न हुई धनराशि का ब्यौरा लेने के लिए एक सार्थक पहल की है ताकि इस राशि का सदुपयोग कर विकास कार्यों को गति दी जा सके महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को महाशीर और ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को मत्स्य पालन के लिए प्रेरित किया जा सके सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण देश सहित प्रदेशभर में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है प्रदेश विश्वविद्यालय के मानव संसाधन केन्द्र द्वारा वैबीनार के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर उन्होंने ये बात कही

उन्होंने लोगों को सैनिटाइजर व मास्क भी बांटे

उन्होंने नारी में औद्योगिक गलियारा में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय पर इन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए

उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के पहलुओं को बारीकी से समझने और इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत बताई वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना ज़िले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में सूअर पालन योजना का शुभारम्भ किया

किसान सभा हिमाचल किसान सभा ने राज्य सरकार से सेब बागीचों में स्कैब व अन्य बीमारियों के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की है शिमला से जारी एक बयान में सभा के वित्त सचिव संजय चौहान ने सरकार से सभी बागीचों में विशेषज्ञों की टीम भेजने व बागवानी विभाग के सभी केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक कीटनाशक उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है

उन्होंने प्रदेश सरकार पर सोशल डिस्टैंसिंग पर दोहरे मापदण्ड अपनाने का भी आरोप लगाया है